संक्रमणों की सफलतापूर्वक पहचान करने वाला भारत पांचवां देश बना

दलहन तेलहन और गेहूं की फसल को हुयी क्षति राज्य सरकार ने आकलन करने का दिया निर्देश

राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुये आज से जोगबनी स्थित बिहार नेपाल सीमा को विदेशियों के लिये बंद कर दिया है इस रास्ते केवल भारत और नेपाल के स्थानीय नागरिक ही आ जा सकेंगे इसके साथ ही पटना और नेपाल के बीच चलने वाली बस सेवा पर भी इकतीस मार्च तक रोक लगा दी गयी है इधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोवल कोरोना वायरस के मद्देनजर सोलह मार्च की मध्यरात्रि से पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सभी यात्रियों की आवाजाही पर रोक लगा दी है सीमाओं पर स्वास्थ्य परीक्षण तेज कर दिया गया है और बांग्लादेश नेपाल भूटान और म्यामांर की सीमा से ही लोगों को प्रवेश दिया जाएगा केन्द्र सरकार ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को आपदा के रूप में अधिसूचित किया है इससे प्रभावित लोगों को राज्य आपदा राहत कोष से मदद दी जा सकेगी केंद्र सरकार के आदेश के बाद बिहार सरकार ने कोरोनो वायरस से मौत होने पर मृतक के आश्रित को चार लाख रूपये का मुआवजा देने का फैसला लिया है यह राशि स्टेट डिजास्टर रिस्पाँस फंड एसडीआरएफ से दी जायेगी

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुख्य सचिव कार्यालय को इस संबंध में एक पत्र भेजकर निर्देश दिया है नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुये विदेश से आने वालों लोगों पर राज्य में विशेष नजर रखी जा रही है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने कहा है कि राज्य सरकार ने वायरस के पीड़ितों की स्क्रीनिंग और जांच की पूरी व्यवस्था की है मंत्री ने बताया कि राज्य में पांच और संदिग्ध मरीज अस्पतालों में भर्ती हये हैं जिनमें दो पटना के और एक एक गोपालगंज दरभंगा और नालंदा के निवासी हैं श्री पाण्डेय ने कहा कि नेपाल से सड़क मार्ग से राज्य में प्रवेश करने वालों की भी जांच की जा रही है उन्होंने कहा कि देश और विदेश से आने वाले दो सौ पांच यात्रियों को निगरानी जांच में रखा गया है उन्होंने बताया कि नेपाल से अब तक लगभग एक लाख छत्तीस हजार नागरिक आये हैं जिनमें मात्र एक व्यक्ति में बीमारी का लक्षण मिला है

जापान थाईलैंड अमरीका और चीन के बाद विभिन्न प्रकार के संक्रमणों की सफलतापूर्वक पहचान करने वाला भारत पांचवां देश बन गया है

डॉक्टर भार्गव ने कहा कि लोग घबराएं नहीं और सावधानी बरतें

उसी से फायदा है बाकी कोई जरूरत नहीं है लोगों को मास्क पहनने के लिए सेनिटाइजर वहां यज करें जहां पानी नहीं मिल पा रहा है बहत पब्लिक स्पेस में हैं घर से हाथ धोकर चलें आप मेट्रो में गये बिना मास्क लगाये वहां पर आपने कई चीजें छुईं तो लगा तो वहां पर उतरने से पहले आप अपना सेनिटाइजर यूज कर लीजिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें

यदि किसी व्यक्ति को खांसी और बुखार आने लगे तो अपने को अन्य लोगों से अलग कर लें आंख नाक और मुंह को बिना हाथ धोये स्पर्श न करें हांथों को बार बार सादुन पानी से धोए या अल्कोहल मिश्रित पदार्थ से हाथ मलें खांसते और छींकते समय नाक और मुंह पर रूमाल अथवा टिश्यू पेपर रखना चाहिए इस्तेमाल किये गये टिश्यू पेपर तत्काल बंद डिब्बों में फेंके जाने चाहिए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 चिकित्सक के पास जाते समय मास्क पहनें या मुंह और नाक को कपड़े से ढककर रखें

कोरोना के संक्रमण को देखते हुये राज्य के सभी जेलों में एक सप्ताह तक कैदियों से मुलाकात पर रोक लगा दी गयी है जेल आईजी ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुये जेल अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि जेलों में विशेष सवाधानी बरती जाये उन्होंने कहा कि कैदियों में अगर कोरोना वायरस के कोई लक्षण आये तो जेल प्रशासन स्थानीय सिविल सर्जन से संपर्क कर तत्काल इलाज की व्यवस्था करें वहीं रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा ने इकतीस मार्च तक सभी मामलों की सुनवाई को स्थगित कर दिया है लोगों को विशेष जरूरत होने पर ही रेरा के कार्यालय में आने का निर्देश दिया गया है इधर बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियंता मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है मुख्य परीक्षा का आयोजन इक्कीस मार्च से उनतीस मार्च तक किया जाना था वहीं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय मे इक्कतीस मार्च तक होने वाले सभी परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है पिछले दो दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुयी बारिश से फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा है कई जिलों में दलहन तेलहन और गेहूं की खड़ी फसल जमीन पर गिर जाने के कारण बर्बाद हो गयी है इसे देखते हुये कृषि विभाग ने सभी जिला कृषि पदाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा नुकसान का आकलन कराया जा रहा है और किसानों को इसकी भरपाई की जायेगी भारत ब्रॉडबैंड योजना के अंतर्गत अगले तीन महीने में गांव गांव में इंटरनेट पहुंचाने का काम पूरा कर लिया जायेगा इसके लिए तीस जून तक का समय तय किया गया है केंद्रीय इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि टू जी थ्री जी और फोर जी की सेवाओं को सुद्रढ़ करने का आदेश दिया गया है उन्होंने कहा कि इंटरनेट सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है जिससे गांव के लोगों को किसी भी काम के लिये शहर न आना पड़े आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है यह दिवस हर वर्ष पंद्रह मार्च को उपभोक्ताओं के अधिकारों और आवश्यकताओं के प्रति विश्व में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों का सम्मान करना और बाजार में उनके शोषण को रोकना है इस वर्ष का विषय है सदैव सजग उपभोक्ता

अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की बड़ी सुर्खी है कोरोना देश में आपदा घोषित दैनिक जागरण की बड़ी खबर है सोना चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आठ सौ रूपये कमजोर पड़ा सोना दैनिक भास्कर ने विश्व उपभोक्ता दिवस पर खबर बनाते हुये लिखा है नौ जिलों में अध्यक्ष भी नहीं सत्रह जिलों में अब तक नहीं आया कोई फैसला प्रभात खबर ने पर्यावरण पर खबर बनाते हुये लिखा है पंद्रह प्रतिशत हुआ ग्रीन कवर फिर भी नहीं बदली आबोहवा

संक्रमणों की सफलतापूर्वक पहचान करने वाला भारत पांचवां देश बना

दलहन तेलहन और गेहूं की फसल को हुयी क्षति राज्य सरकार ने आकलन करने का दिया निर्देश